कहा सरकार ने विज्ञान शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए हैं कई कदम

प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई छियासी दशमलव चार सात प्रतिशत अब तक तीन लाख इक्यावन हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उच्चस्तरीय शोध किसानों की सहायता के लिए होना चाहिए कल नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक में परिवर्तन से हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर में हो रहा है और दलहन के आयात में महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है

उन्होंने कहाकि यह सम्मेलन विज्ञान और तकनीक में नवाचार का महत्वपूर्ण उत्सव है उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में कई ऐतिहासिक जवाब विज्ञान की मदद से ढूंढे गए देश भर में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की गयी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कल सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि अर्पित करते हए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है दो अक्तूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है

गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया यह रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का एक प्रवाह बना रहेगा तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासांगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी पूर्व प्रधानमंत्री लााल बहादुर शास्त्री को श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लाल बहाद्र शास्त्री बड़े विनम्र और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे वे सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था प्रदेश भर में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्वास्मन अर्पित किए लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पृष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री और राज्यपाल शास्त्री भवन भी पहुंचे जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गये वहीं हमीरपुर में केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण किया साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गये हाथरस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पूलिस अधीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है विशेष जांच दल द्वारा इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मामले से जुड़े व्यक्तियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का भी फैसला किया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से विशेष जांच दल की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने और लचर पर्यवेक्षण के आरोप में हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर को निलंबित कर दिया

इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कोरोना सकमण के मददेनजर लखनऊ कानपुर नगर मेरठ गोरखपुर तथा वाराणसी में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं जिससे इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करके मरीजों की रिकवरी दर में वृद्वि की जाये मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को इन जिलों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से नियमित संवाद बनाये रखने और उपचार व्यवस्था की गहन मॉनिटरिंग के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में सर्विलांस कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग पूरी सतर्कता के साथ संचालित होती रहें साथ ही इन्टीग्रेटेड कमांड एंड कन्ट्रोल सेन्टर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डेढ़ लाख कोविड टेस्ट प्रतिदिन किये जायें जिसमें आरटीपीसीआर विधि से साठ हजार टेस्ट किये जायें

उन्होंने बच्चों बुजुर्गो तथा गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतते हुए घर पर रहने के निर्देश दिये है श्री सहगल ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि सभी लोगों को कोरोना संबंधी नियमों का पूर्णतया पालन करना आवश्यक है

यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबन्धन से विचार विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा छात्र सम्बन्धित स्कूल शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है श्री नवनीत सहगल ने बताया कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा यह इकत्तीस अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी दशमलव चार सात प्रतिशत हो गई है पिछले छत्तीस घटों में कोरोना संक्रमण के तीन हजार नौ सौ छियासी नए मामले सामने आये हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में उन्वास हजार एक सौ बारह कोरोना के सकिय मामले हैं तीन लाख इक्यावन हजार नौ सौ छाछठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना जांच का काम तेजी से किया जा रहा है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अब तक इस संक्रमण से ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या तिरपन लाख पचास हजार से अधिक हो गई है स्वस्थ होने की दर भी तिरासी दशमलव सात शून्य प्रतिशत हो गई है